वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री का दावा चारों लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में भाजपा अधिक मतों के अंतर से जीतेगी

लाहौल घाटी में तीन माह बाद पूजा अर्चना के साथ खुले मंदिरों के कपाट

इस मौके राज्यस्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित हुआ जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस होमगार्ड एनसीसी एनएसएस और स्काउट्स व गाईड की ट्कड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्चपास्ट का निरीक्षण किया व सलामी ली इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि अस्तित्व में आने के बाद इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश ने विकास का सफर तय किया है राज्यपाल ने युवाओं को सार्थक ढंग से राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ठोस प्रयास करने पर बल दिया है उन्होंने युवा पीढ़ी में बढ़ती नशे की प्रवृति पर चिंता जताते हुए इसे देश के भविष्य के लिए घातक संकेत बताया इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ग्रूकुल क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मलखम्भ और योग की प्रस्तुति रही समारोह में जिला मतदान कार्यालय द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की गई

शिमला संसदीय क्षेत्र की चुनाव समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज शिमला में उन्होंने यह बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है और भाजपा के खिलाफ तथ्यविहिन बयानबाजी की जा रही है

उन्होंने बैठक में संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रही भाजपा की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जयराम ठाक्र ने राज्य स्तरीय मुद्दों पर पार्टी और सरकार की नीतियों व कार्य को लोगों के बीच ले जाने पर बल दिया उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सकारात्मक रहते हुए कांग्रेस के द्ष्प्रचार का जबाव केवल सब का साथ सबका विकास की सोच के साथ देने को कहा इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रचारकों के कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व अन्य नेता शामिल हुए सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा और केंद्र सरकार मिलकर विकास की रफतार को बढ़ा रही है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि विकास की बढ़ती रफ्तार को देखकर कांग्रेस विचलित है सतपाल सत्ती ने कहा कि भाजपा पर कटाक्ष करने से पहले कांग्रेस नेताओं को अपने घर की चिंता करनी चाहिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमजोर बैसाखियों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है लेकिन भाजपा के पास एक कुश्ल व सक्षम नेतृत्व है जो एकजुट होकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता है डीसी ऊना लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विज्ञापनों का प्रसारण करने से पहले मीडिया प्रमाणन व निगरानी समिति एमसीएमसी से अनुमति लेना आवश्यक है ऊना के जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने बताया है कि समिति की अनुमति के बिना चुनाव से जुड़े किसी भी संदेश व विज्ञापन के प्रसारण को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस या वाईस मैसिज की भी निगरानी की जाती है राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि इस बार चुनाव में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी चुनाव आयोग ने दिशानिर्देश दिए है

वीरभद्र सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी ने अनुभवी ईमानदार और मिलनसार प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है आज धर्मशाला के समीप कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्त्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को बेतुकी बाते करने के अलावा कुछ भी नहीं आता है और पार्टी न मंत्रिमंडल से उन्हें निकालने का तोड़ ढूंढते हुए लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है वीरभद्र सिंह ने कहा कि मतदान करने से पहले लोगों को प्रत्याशियों को अपनी कसौटी पर तोल कर देखना चाहिए क्योंकि समाज को ऐसे प्रत्याशियों की जरूरत है जो समाज सेवा का जज्बा रखता हो उन्होंने पार्टी प्रत्याशी पवन काजल के पक्ष में लोगों से सहयोग मांगा इस मौके पवन काजल ने कहा कि वे वायदे कम इरादे ज्यादा रखते है

अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाक्र ने अपने प्रचार अभियान के तहत आज ऊना में अनुसुचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने राफेल मामले पर उच्चतम न्यायालय के ब्यान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देश को गुमराह करने पर राहुल गांधी पर अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है अनुराग ठाक्र ने कहा कि इस निर्णय से एक बार फिर राहल गांधी का वास्तविक चेहरा उजागर हुआ है उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राहल गांधी ने न्यायालयों के तत्थों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है अनुराग ठाकुर ने कहा कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झूठ बोलकर जनभावनाओं से खिलवाड़ किया है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए

कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा अपने ही विकास में लगी रही और जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया इंद् पटियाल ने कहा कि भाजपा महंगाई पर अंक्श लगाने और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में विफल रही है

सुक्खू प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुविन्दर सिंह सुक्खु ने आज कुटलैहड़ निर्वाचन क्षेत्र के छपरू गांव में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि चुनाव में भाजपा के नेता बौखला गए है उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए कोई भी बड़ी परियोजना नहीं ला सके और कार्यकाल के अंत में केवल नींव पत्थर रखकर लोगों को भ्रमित किया है कपाट जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में मंदिरों के कपाट तीन माह बाद आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ खुल गए है गौरतलब है कि घाटी में स्थानीय देवता लोहड़ी पर्व पर स्वर्ग प्रवास पर चले जाते हैं और बैसाखी के अवसर पर वापस लौटते हैं स्थानीय लोगों के अनुसार देवता स्वर्ग प्रवास से गांववासियों के लिए खुशहाली और सुख समृद्धि का वरदान लेकर आते हैं